इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिज् और लोकसभा सांसद तापिर गाव ने अरूणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेशों में अरूणाचल प्रदेश की प्राकृतिक संदरता अद्भुत है और जनजाति तथा भाषा की दृष्टि से द्रनिया की सबसे समृद्ध और विविधतापूर्ण आबादी यहीं रहती है उपराष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने ट्वीट में कहा कि आकर्षक संस्कृति समृद्ध धरोहर प्राकृतिक सौंदर्य और कलात्मक वैभव ने अरूणाचल प्रदेश को देश का महत्वपूर्ण राज्य बना दिया है अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति समृद्ध रही है और यहां के लोग साहसी और देश के विकास के प्रति समर्पण की भावना लिए होते है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि राज्य आने वाले वर्षों में विकास के एक नए म्काम को हासिल करेगा अपने संदेश में तापिर गाव ने इस खास मौके पर प्रदेशवासियों से भावी पीढ़ी के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित होने की अपील की है

बीस फरवरी उन्नीस सौ सत्तासी को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था उन्नीस सौ बहत्तर तक ये नॉर्थईस्ट फ्रंटरियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था बीस जनवरी उन्नीस सौ बहत्तर को इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया इस अवसर पर आज प्रे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं म्ख्य कार्यक्रम राजधानी ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित हआ इस अवसर पर राज्यपाल डॉबीडीमिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए बीस इमरजेंसी एंब्रेलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और निशी लोक कथाओं पर आधारित एक प्स्तक दाजोंग नापोंग का विमोचन किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विकास कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी श्री मिश्रा ने लोगों से ड्रग एण्ड गन कल्चर को छोड़ने की अपील की इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में च्नौतियों से अधिक अवसर उपलब्ध हैं

उन्होंने बताया कि छह सौ मेगावाट कामिंग पनबिजली परियोजना पूरी हो गई है जिसका उद्घाटन बह्त जल्द प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दवारा किया जाएगा उधर ईस्ट सियांग जिले में राज्य स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पासीघाट में आयोजित समारोह में जिला उपाय्क्त डॉकिन्नी सिंह ने तिरंगा फहराया और लोगों को राज्य स्थापना दिवस की श्भकामनाएँ दी

उन्होंने कल ईटानगर में ग्र्प कैप्टन आर डी टी मोहंतो पांगिंग पाओ द्वारा लिखित एक किताब फ्लाइट ऑफ्ह फैंटेसी के लॉन्च समारोह में बोलते हए यह बात कही श्री खाण्ड्र ने कहा कि लगभग अस्सी नब्बे प्रतिशत लोग राज्य के इतिहास और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से अवगत नहीं है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि य्वा पीढ़ी को अपने राज्य और इसकी सांस्कृतिक विविधता के बारे में प्रारंभिक चरण से ही अवगत कराया जाए